चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ दूसरी ऐतिहासिक अनौपचारिक शिखर बैठक के लिए चेन्नई के मामल्लपुरम पहुंच गये हैं

श्री जिनफिंग के आज चेन्नई हवाई अड्डे पहुंचने पर तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलनीसामी स्वामी ने उनकी अगवानी की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मामल्लपुरम में चीन के राष्ट्रपति जिनफिंग की अगवानी की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चेन्नई पहुचने पर अपने ट्वीट सन्देश में कहा है कि मझे उम्मीद है कि यह अनौपचारिक बैठक भारत चीन संबंधों को और मजबूत करेगी दोनों नेताओं ने इस अवसर पर कई कार्यकमों में हिस्सा लिया

श्री मोदी ने चीन क राष्ट्रपति को इन स्थानों की महत्ता के बारे में बताया इस बीच दोनों ने नारियल पानी का स्वाद लिया और बातचीत की दोनों नेताओं ने समुद्र किनारे तटीय मंदिर के भी दर्शन किये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति शी जिनफिंग के सम्मान में रात्रि भोज भी देंगे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज से पहला राष्ट्रीय हिन्दी विज्ञान लेखक सम्मेलन शुरू हुआ इसका उद्देश्य हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में विज्ञान लेखन को बढ़ावा देना है

श्री द्विवेदी राष्ट्रीय हिन्दी विज्ञान लेखक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे मातू भाषा और वैज्ञानिक संचार विषय पर आयोजित सत्र में सहभागिता करते हुए श्री द्विवेदी ने कहा कि वह स्वयं अपने छात्र जीवन में इस संकट का सामना कर चुके हैं जब बेहतर अभिव्यक्ति की क्षमता होने के बावजूद अंग्रेजी की बाधा के कारण वे अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सके

अंग्रेजी भाषा में आत्मसात नहीं करते हैं समझते नहीं तो ऐसे में अगर हिन्दी भाषा में उनके पास विकल्प उपलब्ध होंगे विज्ञान की शिक्षा के चिकित्सा शिक्षा के तकनीकी शिक्षा के तो निश्चित रूप से उनकी जो क्षमता है उसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं और बहुत सारी ग्रामीण प्रतिभाएं जो इसलिए नहीं उभर पाती क्योंकि उनकी भाषा में उनको अभिव्यक्ति करने का अवसर नहीं मिलता है इस तरह के प्रयास होंगे निश्चित रूप से वह कारगर होंगे

पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट सम्मेलन के संयोजक और राष्ट्रीय विज्ञान लेखक संघ के सचिव डाक्टर वी पी सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि देशभर से विज्ञान लेखन के क्षेत्र में हिन्दी और भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ाए जाने को लेकर चर्चा के लिए विज्ञान लेखक आज यहां एकत्रित हुए हैं सम्मेलन में विभिन्न बैठक सत्र आयोजित किए जा रहे हैं जिनमें विज्ञान लेखन की विभिन्न विधाओं जैसे प्रौद्योगिकी तकनीक और अभियांत्रिकी स्वास्थ्य और चिकित्सा तथा शोध को क्षेत्र में लेखन को प्रोत्साहित करने पर विचार हो रहा है

उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के अध्यक्ष डांक्टर राज नारायण शुक्ल ने आकाशवाणी को बताया कि यह मंच सभी विज्ञान लेखन और लेखकों को एक मंच पर लाने का प्रयास करेगा केंद्रीय कौशल विकास मंत्री डाक्टर महेंद्रनाथ पांडे कल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ केन्द्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने दश में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताते हुये कहा है कि बढ़ती जनसंख्या से विस्फोटक स्थिति हो गयी है

गिरिराज सिंह आज मेरठ में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा आयोजित समाधान यात्रा कार्यकम में हिस्सा ले रहे थे

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस अभियान में सबको साथ आना चाहिए यह एक जनजागरण अभियान है और यह लोगों को जगाने का एक सामाजिक विषय है न कि राजनीतिक प्रधानमंत्री नरन्द्र मोदी ने राष्ट्र सेवक नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है श्री मोदी ने कहा कि वे महान समाजसेवी और देशभक्त नानाजी को उनकी जयंती पर नमन करते हैं प्रधानमंत्री ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है प्रदश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नानाजी देशमुख को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वह आजीवन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद दर्शन को साकार करने क लिये प्रयत्नशील रहे

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंन स्वाधीनता आन्दोलन में ऐतिहासिक योगदान देने के साथ साथ देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में अत् लनीय भूमिका निभायी थी यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सून रहे हैं

प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने छात्रों से नये भारत के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देने की अपील की है

उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय का नाम ऐसे महान व्यक्ति से जुड़ा है जिन्होंने भारतीय संविधान क निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया और राष्ट्र निर्माण तथा भारतीय समाज के पुनर्निर्माण में कई प्रकार से अपना सहयोग दिया प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि इस विश्वविद्यालय के छात्रों ने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभायी है जिनमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी छात्र के रूप में इस विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी दीक्षांत समारोह में एक सौ आठ मेडल प्रदान किये गये जिसमें तिरान्नबे स्वर्ण और पन्द्रह रजत पदक हैं इसके अलावा इकहत्तर पीएचडी एक सौ सत्ताइस एम फिल और चार डोलिट की उपाधियां छात्र छात्राओं को प्रदान की गयी

प्रदेश सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन आशुतोष पाण्डेय को जांच की जिम्मेदारी दी है इस बीच बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने आरोप लगाया है कि कबीर हत्या कांड मामले में जिले के पुलिस अधीक्षक की भूमिका संदिग्ध है

बुलंदशहर के नरौरा क्षेत्र में आज भार प्रहर में सड़क किनारे सो रहे सात तीर्थ यात्रियों की बस से कुचल कर मौत हो गयी इनमें चार महिलाएं और तीन अबोध बालिकायें हैं पूलिस के अनुसार ये हाथरस जनपद निवासी तीर्थ यात्री वैष्णो देवी के दर्शन के बाद नरौरा गंगा घाट पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क दुर्घटना पर गहरा शोक प्रकट करते हुए मृतकों के परिजनों को दो दो लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है उधर प्रयागराज के हड़िया क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में कार सवार दो लोगों की मौत हो गयी और चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये टेरर फंडिंग के मामले में एटीएस और स्थानीय पुलिस ने लखीमपुर खीरी से चार अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारतीय और नेपाली मुद्रा बरामद की है

उसी सूचना के आधार पर एटीएस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है इनके कब्जे से भारतीय और नेपाली मुद्रा बरामद की गयी है आज अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है इसका उद्देश्य बालिकाओं के सामने चुनौतियों के प्रति जागरूकता पैदा करना उनका सशक्तिकरण करना और उन्हें उनके अधिकार देना है भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला आज नई दिल्ली में शुरू हो गया तीन दिन का यह मेला सहकारी समितियों के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के बड़े मच की भूमिका निभायेगा और इससे गांवों और किसानों की समृद्धि बढ़ेगी